श्रोताओं से अपील हैं कि कोई कोताही नहीं बरतें और सभी सावधानियों का पालन करें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

मास्क पहनें

उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत कठिन घड़ी में हिम्मत हारने वाला राष्ट्र नहीं है

व्यापक टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण इस महीने की पहली तारीख से शुरू किया गया था राज्य टीकाकरण राज्य में अठारह से चौवालीस आयु वर्ग के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत कल से हो गई है पहले दिन राज्य के सैतीस हजार छह सौ बेरासी युवाओं ने वैक्सीन की पहली डोज ली जो निर्धारित लक्ष्य से सिर्फ आठ प्रतिशत ही कम है राज्य में इस आयु वर्ग के करीब डेढ़ करोड़ लोगों को टीका दिया जाना है युवाओं में टीकाकरण को लेकर जबर्दस्त उत्साह है जिसके कारण कुछ जिलों में कुछ मिनटों में ही टीकाकरण का स्लॉट समाप्त हो जा रहा है पूर्वी सिंहभूम जिले में सर्वाधिक लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ली राज्य में टीकाकरण अभियान में अब तक अठाइस लाख उनचालीस हजार तीन सौ बेरानबे लोगों ने टीके की पहली डोज ले ली है वहीं छह लाख उनसठ हजार नौ सौ चौसठ लोगों ने टीके की दूसरी डोज ले ली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों से जल्द से जल्द टीका लेने की अपील की है

स्वास्थ होनेवाले रोगियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर पैतालीस हजार छप्पन पहंच गई है पिछले चौबीस घंटों में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या सात हजार एक सौ बारह थी जो संख्या नये सक्रिय मामले की संख्या से लगभग दोगुनी है पिछले चौबीस घंटों में तीन हजार सात सौ छियहतर नये सक्रिय मामलों की पुष्टि हुई है राज्य में अभी संक्रमण दर घटकर चार प्रतिशत तक पहुंच गया है पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य में मात्र छियहतर संक्रमितों की कोरोना से मौत हई है राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर चौरासी दशमलव शून्य पांच प्रतिशत हो गई है जो कि राष्ट्रीय रिकवरी रेट से शून्य दशमलव पांच पांच अधिक है

आयुष मंत्रालय ने कहा है कि वे कोविड रोगी जो होम आइसोलेशन में हैं या किसी सरकारी और गैर सरकारी संगठन के क्वारंटीन सेंटर में रह रहे हैं वे इस पहल से लाभान्वित हो रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का निःशुल्क वितरण काउंटर हर दिन चौबीस घंटे खुला है

राज्य के भीतर और बाहर जाने वाली बसों का परिचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा राज्य में निजी वाहन से यात्रा करने वालों के लिए ई पास वैध फोटो पहचान पत्र तथा रेल अथवा हवाई यात्रा करने की स्थिति में वैध टिकट साथ में रखना आवश्यक होगा ई पास झारखंड डॉट एनआईसी डॉट इन पोर्टल से प्राप्त किया जा सकेगा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं उदेश्यों या अंतिम संस्कार से संबंधित यात्राओं के लिए ई पास आवश्यक नहीं होगा राज्य के बाहर जाने वाले वाहनों के लिए ई पास अनिवार्य नहीं है राज्य के अंदर एक जिला से दूसरे जिला जाने के लिए ई पास अनिवार्य होगा वहीं राज्य में आने और बाहर जाने वाले सभी लोगों को अपना निबंधन डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट झारखंड ट्रैवल डॉट इन पर कराना अनिवार्य होगा निबंधन यात्रा पर जाने से पहले कराना होगा राज्य में आने वाले सभी लोगों के लिए सात दिनों का होम क्वारंटीन अनिवार्य है

स्पेशल स्टोरी धनबाद कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए धनबाद जिले में झारखंड पश्चिम बंगाल की सीमा मैथन से अंतर राज्यीय यात्री बस सेवा आज मध्यरात्रि से पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी इसको लेकर एसडीपीओ ने सभी थानेदारों को अवगत करा दिया है

भारतीय टीम में झारखंड की विकेटकीपर बल्लेबाज इंद्राणी रॉय का चयन तीनों फार्मेट टेस्ट वन डे और टी ट्वेंटी के लिए किया गया है

मौसम विभाग ने कहा कि इसमें चार दिन का अंतर हो सकता है केरल में मॉनसुन के दस्तक देने की सामान्य तिथि एक जून है मौसम विभाग ने बताया है कि सबसे पहले मॉनसुन भारतीय क्षेत्र में दक्षिणी अंडमान सागर पर दस्तक देता है इसके बाद यह बंगाल की खाड़ी को पार कर उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ता है

इधर मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के दक्षिणी भाग में आज मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है

पॉजिटिव होनेवालों की सूची में महिला थाना की एक एएसआई भी शामिल है

बताया गया कि बच्चे आम तोड़ रहे थे इसी दौरान ये तीनों फिसल कर तालाब में चले गए और आइये अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों को कृषि सम्मान निधि की आठवीं किस्त जारी करने के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस में कोरोना से लड़ने और जीतने का भरोसा दिलाने के संदेश को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक हिंदुस्तान ने झारखंड में अठारह वर्ष से उपर की आयु के लिए कल से शुरू किए गए टीकाकरण अभियान में युवाओं के जबर्दस्त उत्साह की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है प्रभात खबर ने स्पेशल स्टोरी के तहत प्रकृति से जुड़े आदिवासी समुदाय में अब तक कोरोना के संक्रमण नहीं होने की खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाई है दैनिक भास्कर ने अरब सागर में आए तोकते तूफान के चलते केरल में मॉनसून तय समय से एक दिन पहले प्रवेश करने की खबर को पहले पन्ने पर लिया है दैनिक जागरण ने झारखंड में सोलह मई से शुरू हो रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ई पास के जरिए आवेदन करने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है अंग्रेजी दैनिक टाईम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है केंद्र सरकार द्वारा दिसंबर महीने तक सभी वयस्क आबादी को टीका लगाने की खबर को पहली हेडलाइन बनाई है